कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई चौरान्नबे दशमलव एक आठ प्रतिशत

प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोत्तरी जारी चार अप्रैल तक बंद रहेंगे कक्षा आठ तक के विद्यालय

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ रही है

उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और तमिलनाड़ में नये मामले बढ रहे हैं

दिल्ली में उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दृष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है

आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केन्द्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि ये कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनायें राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीसों घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्वि और संकेतकों की निगरानी करेगी राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है इस मिशन की घोषणा पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी मिशन के तहत दो हजार चौबीस तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है

गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए समी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है

कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य के कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को चार अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है सरकार ने कोविड टीकाकरण के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी देने का फैसला किया है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस तरह की छूटी की व्यवस्था करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संमव उपाय करने को कहा है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड अस्पतालों को पूरी ताकत से चलाए और ऐसे अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाएं

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया

नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है महानिदेशालय ने कल बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह संतोषजनक नही रहा है समी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है

इस अभियान के अन्तर्गत न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है वरन् विद्यालयों की इमारतों की भी मरम्मत करके उन्हें सजाया संवारा गया है सरकार के इन प्रयासों ने प्राथमिक विद्यालयों और यहां के शैक्षिक माहौल को बदल कर रख दिया है

कई जगहों पर तापमान अभी से सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच गया है उधर तापमान में बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के कई स्थानों में फसलों में आग लगने के चलते भारी नुकसान के समाचार है बुन्देलखंड के झांसी में अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया जो कि मार्च महीने में पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा तापमान है वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विमाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल जल्दी राहत की संभावना नहीं है उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी देवी मेला कल से जनपद पीलीमीत में शुरू हो गया विभिन्न स्थानों से श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये परिवहन निगम ने विशेष बसों का संचालन शुरू किया है यह मेला होली के बाद एक महीने तक चलेगा श्रद्वालु दर्शन पूजन और ई पास के लिये सरकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं